भिवानी के गावं हाल्वास की प्रीति जिले की पहली लड़की है जिसे बस कंडक्टर की निय्क्ति का पत्र दिया मिला है

सरकार दवारा शुरू की गई इस योजना में शहरी ग्रामीण घरेल् व गैर घरेल् उपभोक्ताओं को शामिल किया गया है एक अक्तूबर से शुरू की गई इस योजना को पहले पांच किलोवाट से कम लोड वाले शहरी व ग्रामीण घरेलू और व्यवसायिक उपभोक्ताओं को लाभ दिया जा रहा है

इसके अलावा ग्रामीण और घरेलू बिजली उपभोक्ताओं का भी पूरा ब्याज माफ किया जायेगा दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम के अधीक्षक अभियंता मनोज यादव ने बताया िक सरकार दवारा चलाई गई यह स्कीम वन टाईम सैटलमेंट स्कीम है योजना के अंतगर्त बहृत ही कम बिल निर्धारित किया गया है

मुख्यमंत्री ने जिला झज्जर के गांव मातनहेल में सैनिक स्कूल की स्थापना के संबंध में कदम उठाने का निर्देश दिया

आठ देशों से आये भारतीय मुल के चालीस से अधिक विदयार्थियों ने भारत को जाने कार्यक्रम के तहत आज नई दिल्ली में गृह राज्य मंत्री किरेन रिजिज् से मुलाकात की श्री रिजिज् ने कहा कि विदेशों में भारतीय समृदाय के देश की अर्थव्यवस्था को गति देने में महत्वपूर्ण और रचनात्मक भूमिका निभाई है उन्होंने कहा कि भारतीय समूदाय ने विश्व में भारत की छवि को दर्शाया है भारत को जाने कार्यक्रम के तहत भारतीय समुदाय को भारत मे आ रहे बड़े बदलावों से प्रेरित होने का मौका दिया जाता है इस कार्यक्रम में उन्हें भारत की कला विरासत और संस्कृति के बारे में जानकारी भी मिलती है

ुमैच सात बजे शुरू होगा भारतीय टीम क्वाटर फाईनल मुकाबले से सीधे प्रवेश के लिए जीत के इरादे से उत्लेगी ग्रूप ए से आस्ट्रेलिया तथा पूल बी से अर्जेटिना ने पहले ही क्वाटर फाइनल में प्रवेश कर लिया है ग्रूप सी का ही एक अन्य इस वक्त बैल्जियम और दक्षिण अफ्रीका के मध्य खेला जा रहा है

एक से छ दिसम्बर तक तमिलनाडू के नकल में आयोजित सत्रहवीं जूनियन नैशनल व्श चैम्पियनशिप में कुमारी सविता ने स्वर्ण पदक प्राप्त् किया है

कुमारी सविता की यह उपलब्धि सराहनीय है इससे अन्य महिला खिलाडिय़ों को भी प्रेरणा मिलेगी खेल अकादमी के प्रशिक्षक सोमबीर शर्मा की भी सराहना की ब्राह्मण रक्षा संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष तारकेश्वर कौशिक टीके ने कहा कि हमें बेटियों में कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए क्योंकि वे भी आज हर क्षेत्र में लड़कों से आगे हैं

भिवानी के गांव हालुवास निवासी प्रीति को एसडीएम सतीश कुमार ने कंडक्टर का नियुक्ति पत्र सौंपा है प्रीति भिवानी की पहली लड़क़ी है जिन्हें कंडक्टर का नियंक्ति पत्र मिला है

प्रीति का कहना है कि आज लड़कियां किसी भी क्षेत्र लड़को से कम नही है उन्होंने कहा कि लड़कियों के माता पिता को उनको मौका देना चाहिए ताकि वे आगे बढ़कर सकें भिवानी के एसडीएम सतीश कुमार ने कहा कि पहले लड़कियों की संख्या कम हो रही थी सरकार का दिया गया नारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओं कहीं फलीभुत हो रहा है

इन सभी का सरकारी अस्पताल यमुनानगर में इलाज चल रहा है पूर्व मंत्री एवं पलवल से कांग्रेस विधायक कर्ण सिह दलाल ने ट्रैक्टरो को दस साल प्रान होने पर बंद करने के सरकारी निर्णय की निंदा की है दलाल ने कहा है कि भाजपा सरकार को दस साल पुराने ट्टैक्टरों को बदं करने का निर्णय पूरी तरह किसान विरोधी है पलवल मे कर्ण दलाल ने कहा कि भाजपा सरकार की नीतियो की वजह से किसानआये दिन कर्ज में डूब रहे है और कृषि घाटे का सौदा साबित हो सकती है श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री नायब सिंह सैनी ने अम्बाला जिले सामुदायिक स्वास्थय केन्द्र शहजाद्पर के नये भवन का भूमि पूजन कर निर्माण कार्य का शुभारम्भ किया